ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन को चरणबद्व तरीके से हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे सीएम वीडियो कांफ्रेंसिग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गयी वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया

प्रदेश में केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स के तहत लाक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन का केन्द्र है और लाकडाऊन के चलते पर्यटन पर काफी बुरा असर पड़ा है प्रदेश में निर्धारित शारीरिक दूरी और मास्क अनिवार्यता के साथ कृषि वानिकी और स्वरोजगार के माध्यम से धीरे धीरे चरणबद्व तरीके से स्थिति सामान्य की ओर जा रही है

उन्होंने कहा कि इकोनोमिक रिवाइवल के लिए मंत्रिमण्डलीय उपसमिति और विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई गई है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए यह बात कही

अनिल बलूनी राज्य सभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा है कि प्रदेश में लाक डाउन के कारण रिवर्स माइग्रेशन को अवसर के रूप में बदलने की जरूरत है

शेष प्रतिबंध एवं आदेशों को यथावत रखा गया है

उन्होंने बताया कि रोजगार से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी व उत्पादन भी होगा

ऐसे युवाओं ने रिवर्स माइग्रेशन की पहल की है इन युवाओं का उनके व्यवसाय व कौशल के आधार पर आंकड़े तैयार किये जा रहे जिससे उनको रोजगार से जोड़ा जा सके जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बेरोजगार हुए युवाओ को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी पशु चिकित्साधिकारी कृषि उद्यान और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से चर्चा की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रुद्रप्रयाग पर्वतीय जनपद है अतः युवाओं के लिए कृषि व कृषि सम्बद्ध क्षेत्र पर आधारित गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कई ऐसे उदाहरण है जहाँ किसान बहुआयामी खेती करके मुनाफा कमा रहे है उन्होंने कहा कि गाँव की बंजर भूमि पर भूस्वामियों की सहमति से उद्यान जड़ी बूटी पर कार्य किया जा सकता है यहाँ का भौगोलिक परिवेश दुर्लभ जड़ी बुटियों के लिये अनुकूल है कोरोना देहरादून कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में प्रदेश के लिए बीते कुछ दिन काफी खास रहे है कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही संक्रमण फैलने की दर में भी कमी आई है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है

देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि जिले में जो भी पॉजिटिव मरीज मिले है वह पहले से ही प्रशासन की निगरानी में थे उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है प्रशासन पूरी तरह सर्तक और मुस्तैद है

राजधानी देहरादून में कल से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ है गढ़वाल मंडल में बारिश से कहीं कहीं सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी है वहीं मैदानी इलाको में फसलों को नुकासान पहुॅचा है कुमाउ मण्डल में भी वारिश से नुकसान पहुॅचने की खबर है

राज्य के मैदानी इलाको में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है